उन्होंने इस दौरान कर्ज माफी पिछड़े वर्गों को आरक्षण रेत खनन नीति और नियमों को सरल बनाने जैसे तमाम कामों का उल्लेख किया डॉ मनमोहन सिंह ने अपने संबोधन में कांग्रेस सरकार की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने न केवल सभी वादे पूरे किये हैं बल्कि अर्थव्यवस्था सहित अन्य मोर्चो पर भी जनता का भरोसा जीता है कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति मंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे विधानसभा सत्र् राज्य की पंद्रहवीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर कैलाश जोशी पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुषमा स्वराज अरूण जेटली जयपाल रेड़डी रामजेठ मलानी और पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन को श्रद्धांजलि देने के साथ समाप्त हो गई इस दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि बाबूलाल गौर सरल स्वभाव के थे वहीं कैलाश जोशी प्रदेश के संत मुख्यमंत्री थे उन्होंने अन्य नेताओं के साथ भी अपनी यादों को साझा किया वहीं विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि श्री गौर अपने सख्त प्रशासनिक रवैये के कारण बुल्डोजर मंत्री के रूप में जाने जाते थे श्री भार्गव ने श्री जोशी की सरलता सुषमा स्वराज की भाषा और अरूण जेटली की सहजता को भी याद किया तमाम दलों के नेताओं ने भी इस अवसर पर दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी भाजपा ज्ञापन नागरिकता संशोधन कानून को प्रदेश में लागू किए जाने की मांग को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेशभर में प्रदर्शन कर रही हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंप रहे हैं पार्टी इस कानून को लागू करने की मांग को लेकर आज सभी जिलों में कलेक्ट्रेट का घेराव भी करेगी

पांच दिवसीय राष्ट्रीय समारोह हर साल भारतीय इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित गायकों में से एक तानसेन की याद में आयोजित किया जाता है

रिजर्व बैंक ने प्रदेश के इंदौर और बैतूल जिलों का चयन डिजीटल जिलों के रूप में किया है

दस्तक अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है

विदिशा में आज से पेंसठवीं राष्ट्रीय शालेय ताइक्वांडो प्रतियोगिता शुरू हुई